केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश को आत्मनिर्मर बनाने के लिए इंटेंट व इनोवेशन पर दिया बल

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भले ही धीमा किया हो लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आयेगा प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश और नव प्रवर्तन के माध्यम से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं वहीं दूसरी तरफ इकॉनोमी का भी ध्यान रखना है हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबुलाइज करना हैए स्पीडअप करना है इस सिच्एशेन में आप ने गेंटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है

प्रवासी श्रमिकों को लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है

अनुराग इस बीच केंद्रीय वित्त व कोरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनेगा नई दिल्ली में भारतीय उद्योग संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अनलॉक फेज़ वन में अधिकतर औद्योगिक इकाईयां शुरू हो चुकी हैं अनुराग ठाकुर ने देश को फिर से विकास के पथ पर लाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंटेंट इनक्लूजन इन्वेस्टमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर बल दिया है उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए मेड इन इंडिया से बढ़कर मेड फॉर वर्ल्ड आज के समय की जरूरत है अनुराग ठाकुर ने देश को आत्मनिर्भर बनाने उत्पादन व निर्यात को बढ़ाकर भारत को इकॉनोमिक सुपर पावर बनाने के सीआईआई के लक्ष्य का स्वागत करते हुए समी देशवासियों से इसमें सहयोग की अपील की है भेंट प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मीधर सूद ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और उन्हें महिला मोर्चा द्वारा बनाए गए मास्क भेंट किए राज्यपाल ने मोर्चा के प्रयासों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सामाजिक दूरी मास्क पहनने और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने का आहवान किया इस बीच रश्मीधर सूद ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर को भी मोर्चा की ओर से कोरोना सुरक्षा किट्स सौंपी इस मौके मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की सराहना की

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण में महिलाओं का अहम योगदान है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अनलॉक के तीसरे चरण में स्कूलों को खोलने की स्थिति पर हितधारकों से बातचीत की जाएगी भारद्वाज ने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने पर ही विद्यार्थी स्कूल आने में सक्षम होंगे वीरेंद्र कंवर प्रदेश सरकार राज्य में पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और वर्तमान में प्रदेश में एक हजार किलोग्राम पश्मीना ऊन का उत्पादन हो रहा है

कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकांश व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों व पैरा मैडिकल स्टॉफ को कोरोना महामारी के वर्तमान दौर में सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बीमारी से निजात पाने के लिए दुनिया की नजर डॉक्टरों पर टिकी हैं और कोरोना मरीजों की आखिरी उम्मीद भी डॉक्टर ही हैं गोविंद ठाकुर ने बाद में ढालपुर बाजार में व्यापारियों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की इससे पहले उन्होंने भूट्टी चौक पर बन रहे सब वे का भूमि पूजन भी किया

सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र के कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करने के बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कहीं सैजल ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपसी तालमेल की जरूरत भी बताई रेल सेवा अनलॉक वन के पहले चरण में ऊना के लिए नियमित रेल सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है कोरोना महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये रेल सेवा पिछले करीब अढ़ाई महीने से बंद रही

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि यहां पहंचने वाले यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाईज करने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया

इस बीच नियमित रेल सेवा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है और इसके लिए सरकार का आभार जताया है रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला मांग चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की दूरदराज पंचायत वजोल की प्रधान सीमा देवी ने कहा है कि पंचायत के अनेक गांवों में पिछले कई महीनों से विद्युत ट्रांसफॉमर्र खराब होने से बिजली आपूर्ति ठप्प है जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने सरकार से जल्द नए ट्रांसफॉमर्र लगाने की मांग की है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके सीमा देवी ने कहा कि पंचायत के सभी गांव अभी तक भी सड़क सुविधा से वंचित है ऐसे में उन्होंने सरकार से हैलिकॉप्टर के माध्यम से क्षेत्र के लिए ट्रांसफॉमर्र पहुंचाने का आग्रह किया है विश्वविद्यालय शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनलॉक वन के तहत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को सौ प्रतिशत हाजरी के साथ विश्वविद्यालय आने के आदेश जारी किए है

उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी को मास्क पहनना सोशल डिस्टैंसिंग व स्वच्छता कायम रखने की नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी